गंगानगर हनुमानगढ में बारिश के बावजूद मतदाताओं में वोट डालने के प्रति उत्साह दिखा

अजमेर जिले की नसीराबाद नगरपालिका में मतदान के दौरान मध्मक्खी के हमले में चार लोग घायल हो गए

बाडमेर के बालोतरा में केन्द्रीय कृषि और कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मतदान किया तो वहीं चूरू में विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मतदान किया

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की कल बैठक बुलाई है

आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मीडिया के द्रूपयोग पर चिंता प्रकट की उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक दल भी अपने समाचार पत्र और चैनल शुरू कर रहे हैं इनके माध्यम से वे अपने निहित स्वार्थों के लिए पत्रकारिता के सिद्वांतों के साथ समझौता कर रहे हैं

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसे फेक न्यूज और झूठी तथा भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए

देश में बच्चों की न्यूमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन्स दू न्यूट्रिलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की मौजूदगी में आज गांधीनगर में इस अभियान की घोषणा की गयी न्यूमोनिया की बीमारी में कारगर माने जाने वाले एमोक्सिलिन एंटी बायटिक को अब सुदूरवर्ती इलाकों के स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा आशा बहनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी जरूरत पड़ने पर इसकी खुराक प्रभावित बच्चों को देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा अभियान के तहत न्यूमोनिया के मामलों में आक्सीजन की आपूर्ति के बारे में सटीक जानकारी देने वाले उपकरण को भी छोटे स्वास्थ्य केन्द्रों तक उपलब्ध कराया जाएगा

कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक के बाद ये घोषणा की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हिस्सा लिया

राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा एसओजी ने बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर लाखों रूपए की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत तीन लोगों को आज गिरफतार कर लिया

उत्सव के तहत विदेशी पर्यटकों को पारम्परिक व्यंजन कत्त बाफला और देशी मिठाइयां परोसी गई मेहमानों का तिलक लगाकर और साफा बांधकर स्वागत किया गया महिला पर्यटकों को लाख का चूड़ा पहनाया गया ब्रंदी के शिल्पग्राम में ग्रामीण जनजीवन की झलक दिखाने के लिए प्ररा गांव वहां बसाया गया है

झुंझुनू में आबकारी विभाग के निरोधक दल ने अवैध शराब से भरे दो ट्रकों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफतार किया है